कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

बजट अधिवेशन का दूसरा चरण आठ मार्च को शुरू हुआ था और इसे आठ अप्रैल को समाप्त होना था

केन्द्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कल प्रदेश के वाराणसी जनपद में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कन्वर्जें स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी इस योजना के तहत प्रथम चरण में एक करोड़ पचास लाख एलईडी बल्ब उपलब्ध कराये जायेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से डिस्पैच ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी बल्वों के द्वारा जहां बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत होगी वहीं इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी

इस योजना के द्वारा जहां लोगों का जीवन बेहतर होगा उन्हें आर्थिक बचत होगी तथा ग्रामीण नागरिकों के लिए यह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में बढोत्तरी हो रही है इस बीच सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और कोविड की जांच बढाने पर जोर दिया जा रहा है

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगामी त्यौहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के साथ ही किसी भी सार्वजनिक कार्यकम या जुलूस के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी दिशा निर्देशों में किसी भी सार्वजनिक कार्यकमों में दस साल से कम उम्र के बच्चों और साठ साल से अधिक उम्र के बुजुर्गो को शामिल करने पर रोक लगा दी गई है दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों से घर पर ही रहकर त्यौहार मनाने की अपील की गई है लोगों से कहा गया है कि वे कोविड संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें ताकि देश में कोरोना के संकमण को नियंत्रित किया जा सके

उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है देश और प्रदेश के सभी लोगों को अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के नहर्रा गांव में कल शहीद हुए पुलिस सब इंसपेक्टर प्रशांत यादव के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है

मुख्यमंत्री ने सब इंसपेक्टर की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये हैं दोषियों को पकड़ने के लिए कई प्रलिस टीमों का गठन किया गया है पुलिस के अनुसार सब इंसपेक्टर प्रशांत यादव एक सिपाही के साथ जमीन के एक विवाद को सुलझाने के लिए थाना खंदौली के नहर्रा गांव में कल शाम पहुंचे थे पुलिसकर्मी जब आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े तो इस बीच आरोपी ने पुलिस सब इंसपेक्टर पर गोली चला दी प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आज गोरखपुर के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कहा है उन्होंने दस करोड़ रूपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यो और नई परियोजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त कराने तथा आवश्यक मानव संसाधन आदि की व्यवस्था स्निश्चित कराने के निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं से भी आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से उपलब्ध कराने को कहा है ताकि अवशेष धनराशि को शीघ्र अवमुक्त कराया जा सके लखनऊ के प्राणि उद्यान में आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व से चार शावकों को लाया गया है पिछले दिनों एक मादा बाघ का शव दुधवा नेशनल पार्क में मिला था इस मादा बाघ के चार बच्चे ह जो कि मां की मौत के बाद बिछुड़ गये थे इन्हें वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से द्धवा के जंगलों से खोज निकाला चारों शावकों को अभी बहत्तर घंटे की सघन निगरानी में रखा जायेगा इनका स्वास्थ्य परीक्षण प्राणि उद्यान लखनऊ के चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है इन शावकों की उम्र लगभग दो से तीन माह की है अयोध्या में आज प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर से नागा साधुओं ने आपस में होली खेलते हुए रंगभरी एकादशी पर होली का शुभारंभ किया ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन हनुमान जी पर पर कई रंगों की मालाएं और हरे रंग का तुलसीदल चढाया जाता है नागा साधुओ की रंगभरी एकादशी में अयोध्या के साधु संतों सहित श्रद्वालु भी सम्मिलित होते हैं

आज ही के दिन से अयोध्या में होली की शुरुआत मानी जाती है निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में पर्यवक्षक पद पर तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी को जिले के अधिकारियों के साथ दुव्यवहार और पद के दुरुपयोग के आरोप में निलंबित कर दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में आयाग ने आईएएस अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद पांडे के विरुद्ध भारतीय सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई करने को कहा है वह पश्चिम बंगाल के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवक्षक के रूप में नियुक्त किये गए थे